राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के कुलपतियों से शिक्षा नीति पर की बातचीत राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दृष्टि पत्र तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा राज्य सरकार प्रदेश के लिए तैयार करेगी एकीकृत इग प्रिवेंशन नीति और भूस्खलन निगरानी व प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए मंडी जिला प्रशासन देशभर में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित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

ये निर्णय मंत्रिमंडल की शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया मंत्रिमंडल ने रविवार को प्रदेश में बाजार खुले रखने को अनुमति दे दी

राज्यपाल आज शिमला से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके कियान्वयन पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के क्लपतियों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने संस्थानों की रैंकिंग को सुधारने के लिए नीति तैयार करने और इसके तहत कार्य करने को भी कहा राज्यपाल ने कुलपतियों से कोरोना काल में उनके संस्थानों द्वारा हासिल उपलब्धियों पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टीजनों से कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि पंचायत व स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी का मत विभाजन न हो इसके लिए पार्टी को पूरे तालमेल के साथ काम करना होगा और एक पद के लिए पार्टी विचारधारा का एक ही व्यक्ति चुनाव मैदान में उतारना होगा राठौर आज पार्टी की ऊना और कुल्लू जिला कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस की चुनाव रणनीति कमेटी समन्वय समिति और अनुशासन समिति घोषित कर दी है भाजपा प्रदेश भाजपा महामंत्री व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गांव व गरीबी को नजदीग से देखा है और वह जनता का दर्द जानते हैं यही कारण है कि जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में बेहतरीन तरीके से काम किया है कोरोना काल में जब पूरी कांग्रेस पार्टी धरातल से गायब थी तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कार्य किया उसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल भष्ट्राचार के लिए जाना जाता है जबकि भाजपा कार्यकाल में लोगों की हर समस्या का तुरंत समाधान हुआ है

रोहित ठाक्र ने आज एक बयान में कहा कि इनमें से आठ स्वास्थ्य संस्थान शिमला जिला में बंद होने जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से साफ है कि वह शिमला जिला के साथ भेद भाव कर रही है

तीनों मृतकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया घायलों में से आठ को टौंणी देवी सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है जबकि एक घायल को उपचार के लिए हमीरपुर अस्पताल भेजा गया है दुर्घटना के शिकार सभी लोग मजदूर थे और दुर्घटना के समय काम पर जा रहे थे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति तैयार करेगी यह नीति राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम उपचार प्रबंधन और पूनर्वास कार्यक्रम के लिए होगी मुख्यमंत्री आज शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश नशानिवारण बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य ड्रग की समस्या से निपटने के लिए कृत संकल्प है क्योंकि यह राज्य और देश में गंभीर सामाजिक समस्या है

जिला प्रशासन को आई आई टी मंडी के सहयोग से विकसित किए गए भूस्खलन निगरानी व प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए ये पुरस्कार मिला है

छंटनी प्रकिया के उपरांत मंडी जिला प्रशासन को बचाव व सुरक्षा श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन और आईआईटी मंडी ने ऐसी असरदार व किफायती प्रणाली विकसित की है जो भूस्खलन की संभावना को पहले ही भांप लेती है उन्होंने प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिलने पर मंडी जिला की जनता को बधाई दी है

डीसी लाहौल लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने किसमस और नये वर्ष की पूर्व संध्या के मौके पर लाहौल घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद को देखते हुए अटल टनल रोहतांग के नोर्थ पोर्टल से सिस्सु तक सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है उपायुक्त पंकज राय ने आज पर्यटन एवं स्वच्छता निगरानी के लिए गठित कोर कमेटी के साथ नोर्थ पोर्टल का दौरा किया इस दौरे के बाद पार्किंग के नये आदेश जारी किए है उपायुक्त ने कहा कि यदि पर्यटक नोर्थ पोर्टल और सिस्सु के बीच रूकना चाहते हैं तो भी उन्हें अपनी गाड़ी सिस्सु में ही पार्क करनी होगी

डीसी हमीरपुर उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी हमीरपुर देव शवेता बनिक ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम बी डीओ और तहसीलदारों के साथ बैठक कर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी एडीएम को पंचायत स्तर पर सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्तियां करने के निर्देश दिए